परिवहन विभाग ने बसों के किराये में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर सत्ता के लिए वोट बैंक की राजनीति करने और लोगों में फूट डालने का आरोप लगाया है राजस्थान में अजमेर में राजस्थान गौरव यात्रा के समापन के अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल सत्ता में आने पर नौकरशाही में भी फूट डालते है जिससे शासन प्रभावित होता है श्री मोदी ने विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सैनिकों का अपमान किया है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि संसद के जरिए कानून बनाकर मोबाईल नम्बर और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता बहाल की जा सकती है उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आधार को बैंक खातों और मोबाईल नम्बर से लिंक करने का सरकार का उद्देश्य वैधानिक है उच्चतम न्यायालय द्वारा मोबाईल नम्बर और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के बाद वित्त मंत्री का यह बयान आया है हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस कानून के लिए सरकार विधेयक लायेगी या नहीं वित्त मंत्री ने गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तेल पर टैक्स घटाने से मना करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर सवाल उठाया वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा एनडीए शासित ज्यादातर राज्यों ने ईंधन पर लगने वाले करों में कमी की है लेकिन बाकी राज्य ऐसा नहीं कर रहें राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पश्चिम चंपारण में सड़कों और पुलों के निर्माण पर अगले तीन सालों में पांच हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे

परिवहन विभाग ने बसों के किराये में आज से बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी की है विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इस बढोतरी के बाद साधारण बसों का किराया नब्बे पैसे प्रति किलोमीटर जबकि एक्सप्रेस बसों का पंचानवे पैसे सेमी डीलक्स का एक रूपये चौदह पैसे और डीलक्स बसों का एक रूपये छत्तीस पैसे हो गया है इसके अलावा डीलक्स एसी बस का डेढ़ रूपये और वाल्वो का दो रूपये प्रति किलोमीटर हो गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर गुजरात में बिहारियों को प्रताडित करने में शामिल होने का आरोप लगाया है श्री मोदी ने कहा कि बिहारियों को गुजरात से कोई नहीं निकाल सकता है सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर की सेना बिहार यूपी के लोगों को गूजरात से मार पीट कर भगाने पर आमादा है राज्य सरकार निबंधित मजदूरों को इलाज के लिए हर वर्ष तीन हजार रूपये की सहायता राशि देगी श्रम संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गयी वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ राज्य के नौ लाख से अधिक निबंधित श्रमिकों को मिलेगा प्रत्येक निर्माण श्रमिक जो कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे इसके लिए उनको श्रम संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा इसके अलावा विभाग ने कामगारों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें दाह संस्कार के लिए दी जाने वाली राशि में पांच गुना वृद्धि की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने राज्यों को सलाह दी है कि वे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का अधिकार जिलाधीश और जिला मजिस्ट्रेटों को दें योग्य लाभार्थियों की पहचान में गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है रालोसपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी दलित और अति पिछड़ो के विकास के लिए देशव्यापी आन्दोलन चला रही है

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रदेश के सैंतालीस हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया गया जिले में सबसे अधिक सोलह हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों की मान्यता रद्द की गयी है जबकि बक्सर में पांच तथा वैशाली और रोहतास में चार चार स्कूलों की मान्यता रद्द हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड कोर्स के तहत सत्र दो हजार उन्नीस इक्कीस में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेने का निर्देश दिया है इसके तहत अठाईस हजार नौ सौ पचास सीटों पर नामांकन के लिए एनसीटीई से मान्यता और बिहार बोर्ड से संबद्वता प्राप्त दो सौ चौरानवे सरकारी और गैर सरकारी डीएलएड संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी पटना समेत प्रदेश के तीस जिलों में दियारा विकास योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग साढ़े बारह करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत गोर्डस समूह की सब्जियों और मेलनस के संकर बीज की खरीद पर किसानों को पचास प्रतिशत अधिकतम आठ हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता अनुदान मिलेगा पटना जिले में आज विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ा जायेगा इसके लिए हर बूथ पर कैंप लगाया जा रहा है जहां लोग सूची में नाम जुड़वाने के साथ ही सूची से संबंधित किसी भी तरह का दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ग्यारहवीं बिहार राज्य जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप आज से पटना के बांकीपुर क्लब में शुरू हो रही है चैम्पियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए बिहार की टीम का चयन किया जायेगा भभुआ के पटेल मैदान पर आयोजित राज्य अंतर जिला कुश्ती प्रतियोगिता के अंडर नाइनटीन आयु वर्ग में पटना के पीयूष कुमार और रोहित कुमार ने स्वर्ण पदक जीता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कैंसर की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में सैम्पल कलेक्शन सेंटर बनाया जायेगा

पटना के दीघा थाना में पदस्थापित दारोगा उमेश कुमार को घूसखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है

अनुमंडल पदाधिकारी सिटी एसपी समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न वार्डो की सघन तलाशी ली गयी इस दौरान कई मोबाईल फोन और आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्द्रस्तान ने वित्त मंत्री अरूण जेटली के बयान को प्रमुखता देते हए लिखा है महागठबंधन विफल प्रयोग दैनिक जागरण की सुर्खी है पांच राज्यों में बजा चुनावी बिगूल दैनिक भास्कर लिखता है भारत की छियासी साल के टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत बेस्टइंडीज को पारी और दो सौ बहत्तर रन से हराया प्रभात खबर की सुर्खी है तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को मिली जमानत राष्ट्रीय सहारा ने शीर्षक दिया है कांग्रेस में एक परिवार है हाई कमान मोदी

परिवहन विभाग ने बसों के किराये में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी की